वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने देहरादून में हई बैठक में महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की कार्तिक प्रर्णिमा के अवसर पर श्रद्वालुओं ने गंगा समेत कई पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकीगुरुनानक जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए द्रदर्शन महानिदेशक सुप्रिया साहू ने आज देहरादून के दूरदर्शन केंद्र का दौरा कियाकेंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर किया विचार विमर्श

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेले से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया और कहा कि समय के साथ मेले के स्वरूप में भी बदलाव आया है इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौचर हवाई पट्टी सरकार की प्राथमिकता है लेकिन इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है

स्लग गैस पाइपलाइन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गैसपाइप लाइन से जहां लोगों को तमाम तरह की कठिनाइयों से निजात मिलेगी वहीं सीएनजी स्टेशनों की स्थापना से सीएनजी वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिल सकेगा गुरुवार को देहरादून में राज्य स्तर पर नगर गैस वितरण शुभारम्भ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद को नगर गैस वितरण परियोजना से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने इसे देहरादूनवासियों के लिए नई सौगात बताया श्री रावत ने कहा कि आज देहरादून में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है साथ ही राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आबादी का दबाव भी निरन्तर बढ़ रहा है इसका बेहतर रास्ता सीएनजी ही है उन्होंने कहा कि हरिद्वार ऊधमसिंहनगर और देहरादून के बाद नैनीताल के साथ ही अन्य स्थानों में भी गैस पाइप लाइन का कार्य आरम्भ होगा स्लग वित्त मंत्री बैठक वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आबकारी विभाग द्वारा वसूले जा रहे दो प्रतिशत अन्य उपकर यानि सेस में एक प्रतिशत महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं और एक प्रतिशत सड़क सुरक्षा में उपयोग किये जाने पर विस्तार से चर्चा की वित्त आबकारी महिला सशक्तिकरण पंचायतीराज शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में श्री पंत ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं पर भी चर्चा की वित्त मंत्री ने शहरी विकास एवं पंचायतीराज सचिव से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परिवर्तित या संशोधित सूचनाओं के आधार पर योजना तैयार करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग से अवस्थापना विकास के लिए जारी होने वाले धन में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बजट का आवंटन समुचित तरीके से करने का ठोस प्रस्ताव बनाया जाए ताकि शहरी क्षेत्रों में मिलाये गये गांवों का विकास प्रभावित न हो

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर जगह जगह आयोजित मेले में बड़ी संख्या में लोग पहंचे वहीं तीर्थनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्दालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई उधर चम्पावत जिले के शारदा घाट में हजारों की संख्या में लोगों ने स्नान किया और विभिन्न मन्दिरो में पूजन अर्चना की इस अवसर पर जिले में कई जगह मेले का भी आयोजन किया गया गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर जिले के गुरु द्वारा रीठा साहिब में अखण्ड पाठ की लड़ी पढ़ने के साथ ही शबद कीर्तन का आयोजन किया गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को गुरुनानक देव जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी

आज भगवान मदमहेश्वर की डोली रांसी स्थित राकेश्वरी मंदिर में रात्री विश्राम करेगी इस अवसर पर गांव के लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया

इस दिन ऊखीमठ में प्रसिद्ध मदमहेश्वर मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं

स्लग महानिदेशक द्रदर्शन महानिदेशक सुप्रिया साहू ने आज देहरादून स्थित दूरदर्शन केन्द्र का दौरा किया इस मौके पर महानिदेशक ने केन्द्र का भ्रमण कर कार्यों का जायजा लिया साथ ही दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों संग बैठक कर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की उन्होंने केंद्र में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली उन्होंने केंद्र से प्रसारण की अवधि आदि के बारे में अधिकारियों से विचार विमर्श किया साथ ही केंद्र से प्रसारित होने वाले समाचार ब्लेटिन और क्षेत्रीय समाचार एकांश के बारे में जानकारी प्राप्त की इस अवसर पर महानिदेशक सुप्रिया साहू ने केन्द्र की बेहतरी के लिए हरसंभव प्रयास किये जाने का आवश्वासन दिया स्लग वार्षिक अधिवेशन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों विषयों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों से होने वाली पर्यावरण की क्षति की पूर्ति के लिए ठोस कार्ययोजना बनायी जानी भी जरूरी है श्री रावत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल संरक्षण और संवर्द्धन को समय की जरूरत बताया उन्होंने कहा कि सूर्यधार सौंग और मलदूंग बांध से देहरादून को पूर्ण ग्रेविटी का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी है इन बांधों के बनने से प्रतिवर्ष लगभग सवा सौ करोड़ रूपये की बिजली की बचत होगी उन्होंने कहा कि पंचेश्वर बांध से उधम सिंह नगर को पूर्ण ग्रेविटी का पानी उपलब्ध कराने की योजना है

प्रदेश में शूटिंग शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है ये बात अपर निदेशक सूचना एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉअनिल चन्दोला ने गोवा में सूचना प्रसारण मंत्रालय के उपक्रम नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में कही डॉचन्दोला ने बताया कि राज्य सरकार फिल्म जगत की हस्तियों को पूरा सहयोग देने के साथ साथ अनेक सुविधाएं भी दे रही है

प्रधानमंत्री इस मासिक कार्यक्रम के जरिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते रहे हैं

जिसमें गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमियों को दस लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है